वे आधारशिला रखे जाने की प्रतीक पट्टिका का अनावरण करेंगे और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे

इधर राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

इस बीच अयोध्या में भूमि पूजन समारोह का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया जाएगा

दूरदर्शन से भी भूमि पूजन आयोजन का सीधा प्रसारण होगा मुख्यमंत्री दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र आज मंडी जिला के बाली चौकी क्षेत्र का दौरा करेंगे इस दौरान वह हनोगी पुल के निर्माण कार्य का भी भी जायजा लेंगे साथ ही वह बाली चौकी स्कूल के नए भवन का उदघाटन करने के अलावा क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शिमला से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए किन्नौर जिला में करोड़ों रूपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकापर्ण और आधारशिला रखेंगे राकेश पठानिया वन युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से कांगड़ा जिला में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय बन जाने से जिला व प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतिभा दिखाने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे

उन्होंने कहा कि खेल नीति आने के बाद किसी स्तर पर पंजीकृत न हुए सभी खेल संगठनों को पंजीकृत किया जाएगा तााकि वह अच्छे खिलाड़ियों को मौका दे सके

अब एक नजुर अखबारों की सुर्खियों पर यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा परिणाम से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल की बेटी ने पहले ही प्रयास में पास की परीक्षा पंजाब केसरी के शब्द हैं आई ए एस के शिखर पर हिमाचल की मुस्कान

दिव्य हिमाचल ने लिखा है बददी की मुस्कान बनी आई ए एस

पंजाब केसरी के अनुसार हिमाचल में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस